पीएम बुद्ध पूर्णिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर म्काबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात ब्द्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योदधाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है

उन्होंने कहा कि आत्म सिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व सम्दाय के हित में काम कर रहा है

इस अनुसंधान में अश्वगंधा यष्टिमधु गुडुचि और पिप्पली जैसी जडी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आय्ष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अन्संधान परियोजना का श्भारंभ किया इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आय्ष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा

प्रवासी भारतीय गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आने जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी संबंधी निर्देश जारी किये हैं इनके अनुसार बेहद जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने वालों और विदेशों में नौकरी छूट जाने की वजह से भारत आने के इच्छ्क प्रवासी मजदूरों को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी अल्पावधि वीजा की अवधि समाप्त होने चिकित्सा संबंधी आपात कारणों गर्भवती महिलाओं और ब्ज्र्गो को भी आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा चमोली अपडेट लॉकडाउन के कारण बाहरी राज्यों में फंसे लोगों का आज भी प्रदेश में आना जारी रहा

इन सभी लोगों को मेडिकल जांच के बाद भराड़ीसैंण में फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया है इन लोगों की नियमित मेडिकल जांच भी कराई जा रही है मेडिकल टीम की सलाह पर केवल गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को ही होम क्वांरटाइन में रहने की छूट दी जा रही है जिले में बाहरी प्रदेशों के फंसे हए लोगों को भी जिला प्रशासन दवारा उनके गंतव्य स्थलों को भेजा जा रहा है

चमोली जिला ग्रीन जोन में है आईसोलेशन वार्ड में अब कोई भी मरीज भर्ती नहीं है यहां लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को ट्रेन से लाने में जो भी खर्चा आएगा उसका वहन राज्य सरकार करेगी

उन्होंने कहा कि जो भी उत्तराखण्ड लौटना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा हालांकि थोड़ा संयम और धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि एहतियात के तौर पर सभी को एकसाथ नहीं लाया जा सकता है

यहां बसें भी भेजी जाएंगी

ग्रजरात और महाराष्ट्र को सूचना दी गई है कि सूरत अहमदाबाद और प्णे से लोगों को ट्रेन से लाया जाना है इसके अलावा केरल के दो शहरों से भी लगभग हजार लोगों को लाया जाना है मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विदेशों से भारतीय नागरिकों को लाने की व्यवस्था की जा रही है इनमें उत्तराखण्ड का व्यक्ति होने पर विदेश मंत्रालय द्वारा अवगत कराया जाएगा

मनरेगा के तहत जल संचय जल संवर्धन और जल संरक्षण के काम प्राथमिकता से किए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां भी शुरू की गई हैं

इन्होंने काम भी शुरू कर दिया है मुख्य सचिव ने कहा कि सोशल मीडिया में सरकार की तैयारियों के बारे में बहत सी अफवाहें चलती रहती हैं उन्होंने लोगों से अन्रोध किया कि प्रामाणिक जानकारियों पर ही विश्वास करें हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं

कोविड अपडेट उत्तरकाशी उत्तरकाशी जिले में अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों की स्क्रिनिंग की जा रही है

किसी में भी कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए है

उन्होंने राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हूए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केन्द्र पोषित योजना में करने का आग्रह किया है